हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट आज से सिमडेगा में शुरू होगा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

झारखंड में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना के बारसठ नए मरीज मिले हैं इनमें से आधे राजधानी रांची में मिले हैं पूर्वी सिंहभूम से बारह धनबाद से छह और बोकारो से चार संक्रमित मिले हैं हजारीबाग दुमका रामगढ़ और सिमडेगा से दो दो तथा सरायकेला से एक संक्रमित मिला है राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अभी चार सौ चौरानबे है वहीं रांची में दो सौ तिरानबे संक्रमित मरीज हैं वहीं जमशेदपुर में संक्रमितों की संख्या अड़सठ है राज्य के अन्य बीस जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या बीस से कम है गढ़वा गिरिडीह गोड़्डा पाक़्ड़ और पलामू में अभी एक भी संक्रमित मरीज नहीं हैं राज्य में अबतक एक लाख बीस हजार तीन सौ चौहतर कोरोना संक्रमित मिले चुके हैं इनमें से एक लाख अठारह हजार सात सौ सतासी की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है कोरोना की वजह से अबतक एक हजार तिरानबे की मौत हो चुकी है

इस मौके पर उपायुक्त ने बचे हुए फील्ड लेवल और हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण करवाने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया

बैठक में रांची जिले में टीकाकरण केंद्र बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया गया शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों के लिए चेक लिस्ट तैयार कर टीकाकरण केंद्र के रूप में चिन्हित करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया उपायुक्त ने कहा कि टीकाकरण केंद्र का चयन होने के बाद प्रशिक्षण की व्यवस्था करें

भारत ने कोविड टीकाकरण में कीर्तिमान बनाया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र केरल पंजाब तमिलनाडु गुजरात और कर्नाटक में कोविड के नये मरीजों की संख्या में तेजी आ रही है

राज्य के आठ शहरों में ऑटो रिक्शा की वजह से होने वाली वायु प्रद्षण को कम करने के लिए सरकार ऑटो चालकों को पच्चीस हजार तक की आर्थिक मदद देगी ऑटो चालकों को अपने वाहन को इलेक्ट्रिक या सीएनजी में तब्दील करने के लिए यह सहायता दी जाएगी इसके लिए राज्य प्रद्षण बोर्ड के साथ मिलकर सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरमेंट सीईईईडी कार्ययोजना तैयार कर रहा है राजधानी रांची सहित धनबाद हजारीबाग रामगढ़ चाईबासा पाकुड़ दुमका और साहेबगंज के ऑटो रिक्शा चालक इस योजना का लाभ ले सकेंगे क्लिन एयर एक्शन प्लान के तहत तीन तरह के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इस योजना में ई रिक्शा के परिचालन को प्रोत्साहित करने ई बस को चलाने तथा घरों से सूखा और गील कचरा अलग अलग उठाने की भी योजना है इसके अलावा सीएनजी इलेक्ट्रिक और पीएनजी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना शामिल हैं इसके अलावा वाहनों की फिटनेश की नियमित जांच का भी प्रावधान है राँची में रेल सुविधाओं के विस्तार और नई ट्रेनों के परिचालन को लेकर सांसद संजय सेठ ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की अपनी मुलाकात में श्री सेठ ने पीयूष गोयल से रांची में विभिन्न ट्रेनों के ठहराव व नई ट्रेनों के परिचालन को लेकर चर्चा की जिसमें प्रमुख रुप से लुधियाना से धनबाद तक चलने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस को राँची तक लाने राँची लोकसभा क्षेत्र के किसानों के लिए किसान रेल के परिचालन पर्यटन के विकास की दुष्टि से रेलवे द्वारा बनाए जा रहे विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन को राँची से भी चलाने राँची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस व अन्य ट्रेन को राँची लोहरदगा टोरी लाइन होते हुए चलाने की मांग की सांसद ने बताया कि इसके अतिरिक्त राँची में आईआरसीटीसी का ऑफिस खोलने का आग्रह भी माननीय रेल मंत्री से किया है श्री सेठ ने बताया कि रेल मंत्री ने इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक पहल करने का आश्वासन दिया है साथ ही चक्रधरपुर रेल मंडल के द्वारा पूरे भारत में राजस्व के मामले में दूसरे नंबर पर आने की भी रेल मंत्री ने तारीफ की

पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद नगर में नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा मिली जानकारी के मुताबिक हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस दस से सोलह मार्च तक रविवार को छोड़कर अपने निर्धारित मार्ग के बजाय धनबाद गोमो चंद्रपुरा होकर चलेगी इसी तरह रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी अल्लापुजा धनबाद एक्सप्रेस भी आठ से चौदह मार्च तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस भी बारह सै सोलह मार्च तक अलग मार्ग से चलेगी इसके अलावा रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस का मार्ग भी परिवर्तित किया गया है रांची रेल डिविजन में लिंक फेल होने की वजह से कल रेल यात्रियों को रेल टिकट नहीं मिल पाया रांची हटिया मूरी और लोहरदगा स्टेशनों पर आरक्षित टिकट लेने आए लोगों को टिकट नहीं मिल पाया पूर्वी रेलवे के कोलकाता स्टेट मुख्यालय में आग लगने की वजह से करीब सोलह घंटे तक लिंक फेल रहा

बैंकों के निजीकरण के खिलाफ युनाइटेड फॉरम और बैंक यूनियन ने दो दिन हड़ताल की घोषणा की है इसकी वजह से पंद्रह और सोलह मार्च को बैंक बन्द रहेंगे हड़ताल और अन्य छट्टियों की वजह से तेरह मार्च से लेकर सोलह मार्च तक चार दिन लगातार बैंक बन्द रहेंगे यूएफबीयू ने कल रांची में प्रेस वार्ता कर हड़ताल के बारे में जानकारी दी

इस प्रतियोगिता के लिए झारखंड की अठारह सदस्य टीम का चयन किया गया है टीम की कप्तानी सिमडेगा की खिलाड़ी नीरू कुल्लू को सौंपी गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतियोगिता का उदघाटन करने के लिए सिमडेगा जाएंगे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो भी इस मौके पर उपस्थित होंगे लोहरदगा जिला में बडे पैमाने पर नाशपाती की खेती की जा रही है पेशरार में नाशपाती की खेती के लिए चयनित लाभुकों को नेतरहाट ले जाकर खेती की जानकारी दी जा रही है इसके साथ ही संतरे का उत्पादन के लिए किसानों को नागपुर महाराष्ट्र भ्रमण कराने की योजना तैयार की गई है

मौसम विज्ञानकेंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक बारह और तेरह मार्च को राज्य के कई जिलों में आंशिक बादल छाये रहेंगे इसके साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है बारह मार्च को राज्य के पश्चिमी और मध्य भाग में इसका असर दिखेगा वहीं तेरह मार्च को राज्य के मध्य और उतरी हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ेगा चौदह मार्च से आसमान साफ हो जाएगा

राज्य के लगभग सभी अखबारों में रांची महिला कॉलेज की लेक्चरर ममता केरकेट्टा की गिरफ्तारी की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है दैनिक भास्कर ने दो हजार सात में हुए नियुक्ति घोटाले में पहली गिरफ्तारी पर खबर बनायी है नियुक्ति घोटाले में रांची वीमेन्स कॉलेज की प्रोफेसर ममता केरकेट्टा गिरफ्तार वहीं प्रभात खबर ने झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा सभी उद्योगों की करा रहे हैं समीक्षा कोई कम्पनी बंद है तो वजह भी जानेंगे शीर्षक खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने विधानसभा मे ग्रामीण विकास मंत्री की घोषणा विधायक हर साल बनवा सकेंगे दस किलोमीटर सड़क को लीड खबर बनाया है दैनिक जागरण ने बंगाल चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बंगाल के डीजीपी को हटाये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उतराखंड के मुख्यमंत्री रावत के इस्तीफा देने और उनके उतराधिकारी का चयन आज होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है